रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि पटना में जलजमाव के कारणों की जांच के लिये तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है जांच दल में नगर विकास और आवास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार के अलावा ब्डको के प्रबंध निदेशक और पटना नगर निगम के आयुक्त को शामिल किया गया है जांच दल सात दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा श्री शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में जलजमाव के लिये राज्य सरकार को दोषी ठहराया है उन्होंने पटना में कहा कि बारिश और जलजमाव से निपटने के लिये सरकार की कोई तैयारी नहीं होने की वजह से राजधानी में कई दिनों तक जलजमाव की स्थिति बनी रही पटना नालंदा और वैशाली समेत राज्य के अन्य इलाकों में डेंगू और चिकनगूनिया का प्रकोप जारी है पटना में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या एक हजार को पार कर गयी है कल पीएमसीएच के बायरोलॉजी लैब में हुयी जांच में पचास मरीजों में डेंगू पॉजिटिव पाये गये हैं उधर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पीएमसीएम और एनएमसीएच में डेंगू की जांच के लिये निःशुल्क जांच शिविर शुरू किये गये हैं

इस बीच चिकनगूनिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है चिकनगुनिया से अब तक सत्ताईस मरीज पीड़ित हुये हैं पीएमसीएम डेंगू के स्पेशल वार्ड में पचास अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की गयी है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस की सौ प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है ब्रिटेन की गैर सरकारी संस्था अपॉलिटिकल की ओर से डिजिटल गवर्नेंस की सबसे अधिक प्रभावशाली सौ लोगों की सूची जारी की गयी है इस सूची में सात राजनेताओं को शामिल किया गया है जिसमें रविशंकर प्रसाद भी हैं संस्थान के जारी बयान में कहा गया है कि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में उनका मंत्रालय भारत में एक नये डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क डिजिटल समावेश और साइबर सुरक्षा के लिये काम कर रहा है संस्थान ने कहा है कि डिजिटल तकनीकी हमारी जीवनशैली को तेजी से बदल रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगले वर्ष राज्य में एक दिन में दो करोड़ इक्यावन लाख पौधे लगाये जाएंगे श्री मोदी ने पटना में कहा इसके लिए नर्सरी में पांच करोड़ पौधे तैयार किए जायेंगे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन साल में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सात करोड़ सात लाख पौधारोपण तथा पचास हजार हेक्टेयर में चेक डैम और जल संरचनाओं के निर्माण पर दो हजार नौ सौ छह करोड़ रुपये खर्च होंगे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह ने कहा है कि कॉलेजों और छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे उन्होंने कहा कि छात्रावासों का नियमित निरीक्षण किया जायेगा इसके साथ ही विश्वविद्यालय में अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी बढ़ायी जायेगी दिल्ली पुलिस ने जदयू सांसद महेंद्र प्रसाद की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनमोहन की पीठ को इस संबंध में जानकारी दी है गौरतलब है कि दिल्ली की एक महिला किंग महेंद्र की पत्नी होने का दावा करती है पटना से अमृतसर के लिये एयर इंडिया की सीधी विमान सेवा अगामी सत्ताईस अक्टूबर से शुरू होगी सप्ताह में यह फ्लाईट चार दिन रविवार मंगलवार गुरूवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी मुम्बई से यह फ्लाईट सुबह सात बजकर पचपन मिनट पर उड़ान भरेगी और दस बजकर बीस मिनट पर पटना पहुंचेगी पटना से यह विमान दस बजकर पचपन मिनट पर अमृतसर के लिये उड़ान भरेगी और अमृतसर में दोपहर एक बजकर पांच मिनट पर उतरेगी लोकनायक जय प्रकाश नारायण की आज जयंती है इस मौके पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में अनेक कायक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा के समक्ष मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है इसके अलावा इनकम टैक्स चौराहे के पास जेपी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जायेगा चरखा समिति और जेपी से जुड़े अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उनके विचारों पर सेमीनार आयोजित किये जा रहे हैं पटना जिला प्रशासन ने छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है जिलाधिकारी कुमार रवि ने नासरीगंज से दीदारगंज तक गंगा घाटों का निरीक्षण किया इस दौरान पटना के इक्यानवे घाटों को इक्कीस सेक्टर में बांटा गया है और सभी सेक्टर के लिये नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं जिलाधिकारी ने खतरनाक घाटों की रिपोर्ट मांगी है गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से छह सौ कार्टन शराब बरामद की है मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया वहीं वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहरथी गांव में छापेमारी कर पूलिस ने एक ट्रक और पिकअप वैन से तीन सौ उनतालीस कार्टन शराब बरामद की समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रक पोषाहार वितरण में लापरवाही के आरोप में आठ सीडीपीओं की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है पटना हाई कोर्ट ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में नियुक्ति पर रोक लगा दी है कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र हासिल कर चुके विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने से रोक दिया गया है पटना के ज्ञान भवन में चौदह और पंद्रह अक्टूबर को फसल अवशेष प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इसमें प्रदेश के चार सौ किसान शामिल होंगे देश में अपने तरह का यह पहला सम्मेलन हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल स्थित जुबली पार्क में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक राम एकबाल सिंह वरसी की प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वरसी के परिजनों से भी मुलाकात की अगले वर्ष की हज यात्रा के लिये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है बिहार राज्य हज कमिटी के अध्यक्ष मोहम्मद इलियास हुसैन ने बताया कि इच्छुक लोग दस नवम्बर तक आवेदन कर सकेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है ढाई करोड़ पौधे एक दिन में लगाये जायेंगे इसी अखबार ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है बदल जाएगी बिहार पुलिस की पहचान दैनिक जागरण की सुर्खी है पटना को जलजमाव से मुक्त करने का एक्शन प्लान बनेगा इसी अखबार ने ओल्गा और पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है पहली बार एक दिन में लिये गये तीन सौ बारह सैंपल एक सौ पैंतीस की जांच में अड़सठ को डेंगू प्रभात खबर की सुर्खी है अब मेयर और डिप्टी मेयर को सीधे चूनेगी जनता इसके अलावा अखबारों ने जेपी जयंती के मौके पर होने वाले आयोजनों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई